लोक आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन आज व्रती खरना करेंगे चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के दूसरे दिन श्रद्धालु भगवान भास्कर को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे इसके बाद छत्तीस घंटे का निर्जला निराहार व्रत शुरू हो जायेगा राजधानी पटना सहित प्रदेश के सभी गंगा तटों पर व्रती सुबह से ही घाटों पर गंगा जल लेने के लिए आ रहे हैं छठ गीतों से पूरा प्रदेश गुंजयमान हो गया है छठ को लेकर सरकार ने विशेष व्यवस्था की है वहीं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा भी गंगा घाट अस्थायी घाटों और सड़कों पर सफाई तथा रौशनी की विशेष व्यवस्था की जा रही है मंगलवार को भगवान भास्कर को सांयकालीन और बुधवार को प्रातःकालीन अर्घ्य दिये जायेंगे व्रती गंगा सहित विभिन्न नदियों और तालाबों के घाटों पर अर्घ्य प्रदान करेंगी व्रतियों ने जगह जगह अपने घरों के बाहर तथा छतों पर भी छठ व्रत करने की तैयारी की है छठ को देखते हुए विभिन्न घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं राज्य आपदा मोचन बल के पांच सौ पचास कर्मी प्रदेश के बीस जिलों के विभिन्न छठ घाटों पर तैनात होंगे घाटों पर एसडीआरएफ की टीम तिहत्तर मोटर वोट और तीस गोताखोरों के साथ बचाव कार्य में लगे रहेंगे एनडीआरएफ के जवान भी पटना सहित बक्सर भोजपुर और सुपौल में घाटों पर मोटर बोट के माध्यम से गश्त कर रहे हैं विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि छठ के लिए फल और पूजा सामग्री की खरीदारी को लेकर बाजारों में चहल पहल बढ़ गयी है वहीं औरंगाबाद के प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर पटना जिले में बाढ़ स्थित पुण्यार्क मंदिर मसौढ़ी अनुमंडल स्थित सूर्य मंदिर दुल्हिन बाजार के उलार्क शेखपुरा के तेउस सूर्य मंदिर बक्सर के राम रेखा घाट नवादा जिले के हंडिया सूर्य मंदिर गया में दक्षिणार्क सूर्य देवालय और नालंदा जिले में बड़गांव के बालार्क तथा औगांरी गांव स्थित अंगार्क सूर्य मंदिर में आसपास के व्रतियों सहित अन्य राज्यों से भी छठ व्रतियों के आने का सिलसिला जारी हो गया है केंद्र सरकार ने कहा है कि पूर्वी चंपारण के रक्सौल से नेपाल की राजधानी काठमांड् तक एक सौ तीस किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछायी जायेगी रेल मंत्रालय ने इस परियोजना के लिये सर्वे शुरू कर दिया है पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिविजन की देखरेख में रेल लाइन बिछायी जायेगी समस्तीपुर रेलमंडल प्रबंधक रवीन्द्र कुमार जैन ने बताया कि रेल लाइन बिछाने के लिये सर्वे की जिम्मेवारी कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन को सौंपी गयी है सर्वे रिपोर्ट छह महीने में सौंपी जायेगी रिपोर्ट की समीक्षा के बाद दो हजार उन्नीस में रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया जायेगा भारत नेपाल मैत्री संबंधों में इस परियोजना को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस एजेंसियों से तीस नवम्बर तक केवाईसी पूरा करने को कहा है इसके अंतर्गत रसोई गैस सब्सिडी का लाभ नहीं लेने वाले उपभोक्ताओं को भी केवाईसी कराना जरूरी होगा ऐसा नहीं कराने पर एक दिसम्बर से ग्राहकों को सिलेंडर उपलब्ध नहीं होगा पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस एजेंसियों को निर्देश दिया है कि गैस सब्सिडी का लाभ नहीं लेने वाले गिव इट अप योजना के तहत सब्सिडी छोड़ने वाले और जिन उपभोक्ताओं ने आधार जमा नहीं किया है उनका केवाईसी पूरा करें

पथ निर्माण विभाग को हस्तानांतरित कर इन सड़कों का चौड़ीकरण और रख रखाव किया जायेगा पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि राशि उपलब्ध होने के बाद ग्रामीण कार्य विभाग से हस्तानांतरित की गयी सड़कों के निर्माण का कार्य तुरंत शुरू कर दिया जायेगा यूजीसी ने बिहार के सभी विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों से डिजिटल आधारित नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मांगी है विश्वविद्यालय के किन किन विभाग में कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है इसकी जानकारी विश्वविद्यालय को निर्धारित फॉरमैट में ऑनलाइन देनी है यूजीसी ने कहा है कि जिस संस्थान में डिजिटल तकनीक इस्तेमाल नहीं हो रही है उसकी वित्तीय मदद रोक दी जायेगी यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने कहा है कि इसका मकसद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में डिजीटल तकनीक का अधिक से अधिक बढ़ावा देना है आज लोकसेवा प्रसारण दिवस है उन्नीस सौ सैंतालीस में बारह नवम्बर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आकाशवाणी दिल्ली स्टूडियो में पहली और अंतिम बार आने की स्मृति में प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद हरियाणा के क्रूक्षेत्र में अस्थाई रूप से आकर बसे विस्थापित लोगों को आकाशवाणी से संबोधित किया था केन्द्रीय संसदीय कार्य तथा रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार का आज तड़के बेंगलुरु में निधन हो गया वे उनसठ वर्ष के थे कैंसर से पीड़ित श्री अनंत कुमार का बेंगलुरु में इलाज चल रहा था लंदन और न्यूयॉर्क में इलाज कराने के बाद वे बीस अक्तूबर को बेंगलुरु पहुंचे थे श्री अनंत कुमार उन्नीस सौ छियानवे से बेंगलुरु दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से छह बार सांसद चुने गये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है श्री कोविंद ने एक टवीट में कहा कि यह पूरे देश और विशेष रूप से कर्नाटक के लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि वे अपने घनिष्ठ सहयोगी और मित्र के निधन से स्तब्ध हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री अनंत कुमार को उनके अच्छे कामों के लिए हमेशा याद किया जाएगा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह रविशंकर प्रसाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त की है राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सूशील कुमार मोदी बिहार विधान सभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय सहित सभी प्रमुख दलों के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा दो हजार उन्नीस के लिये रजिस्ट्रेशन की तिथि जारी कर दी है समिति के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जो छात्र अभी नौवीं कक्षा में हैं उन्हें दो हजार बीस की परीक्षा के लिये रजिस्ट्रेशन कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पंद्रह नवम्बर से छह दिसम्बर के बीच होगा मधेपुरा में अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये आवासीय विद्यालय की स्थापना की जायेगी

और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रो की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा दिवस पर आयोजित समारोह में कहा हाशिए पर रहे लोगों को मुख्यधारा में लाए बिना विकास नहीं नई पीढ़ी के विकास से बदलेगा समाज दैनिक जागरण की सुर्खी है रालोसपा के दोनों विधायक जदयू में हो सकते हैं शामिल दैनिक भास्कर ने घूसखोरी विवाद की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई